राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा बागवानी विश्वविद्यालय के प्रयासों से लाखों किसानों तक पहुंची कृषि की नई तकनीक

और एडस को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मनाया गया विश्व एडस दिवस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

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कोविड संकमण को रोकना और लोगों की जान की सुरक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और इस उद्देश्य से कई फैसले किए गए हैं

ये कार्यक्रम केवल वर्च्अल माध्यम से कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार किए जा सकेंगे उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक समारोह के लिए संबंधित क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोरोना संकमण की चेन तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू करने का भी निर्णय लिया संक्रमितों की प्रारंभिक चरण में पहचान के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि सभी मंत्री उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे बैठक में अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा और इससे संबंधित मुद्दों के लिए कुल्लू और लाहौल स्पिति ज़िला पुलिस बल में सुरक्षा यूनिट सुजित करने को भी मंजूरी दी गई प्रतिक्रिया इस बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विधानसभा सत्र को स्थगित करना प्रदेश हित में नहीं है ऊना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्पष्ट है कि सरकार कोरोना के बढ़ रहे मामलों और प्रदेश से जुड़े अन्य मुददों पर विपक्ष का सामना करने में नाकाम है मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड के लिए किए गए उचित प्रबंधों के दावों को भी नाकाफी बताया है वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पर कोरोना को लेकर महज राजनीति करने का आरोप लगाया है पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि विधानसभा सत्र को स्थगित करने का फैसला प्रदेश हित में है उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संकमण को लेकर संवेदनशील है और इससे निपटने के लिए धरातल पर कार्य कर रही है स्थापना दिवस राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज वर्चुअल माध्यम से सोलन ज़िले के बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की अपने संबोधन में उन्होंने शोधकर्ताओं से अपने शोध में बदलते मौसम के अनुसार बदलाव लाने की आवश्यकता पर बल दिया उन्होंने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालय ने तीन दशकों से अधिक समय में बागवानी व वानिकी शिक्षा के अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाई है जिसके परिणामस्वरूप नई कृषि तकनीक लाखों किसानों के खेतों तक पहुंची है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वैज्ञानिकों से शोध कार्य को खेतों तक पहुंचाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को आधुनिक किस्में व तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है कार्यक्रम के दौरान बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर वन मंत्री राकेश पठानिया और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौजूद रहे ऑक्सीजन प्लांट कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार शिमला शहर में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में एक बैठक में बताया कि इसकी स्थापना से अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग पूरा करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समय समय पर कई ज़रूरी कदम उठाए हैं भारद्वाज ने प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए मारकंडा तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिले के लोबर में आज राजकीय प्राथमिक पाठशाला और महिला मंडल भवन का उद्घाटन किया

उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम और अध्यापकों की ज्यादा है ऐसे स्कूलों से अध्यापकों को दूसरी जगह समायोजित किया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं उद्योग मंत्री ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और ये कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने आज कांगड़ा जिले में टांडा अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकरण मेंट किए पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने संस्थान के चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की बेहतर सेवाओं के लिए सराहना की उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के प्रति समर्पित है और पार्टी ने हमेशा प्रदेश के हित में कार्य किया है

एडस को लेकर जागरुकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है इस वर्ष के एड्स दिवस का विषय है उन्नत और कारगर ढंग से एचआईवी एड्स महामारी का समापन यह दिन लोगों को एचआईवी के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस के साथ रह रहे लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है इस अवसर पर सोलन ज़िला अस्पताल में लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने कहा कि लोग अब जागरूक है और एडस की जांच करवाने की स्वयं पहल कर रहे हैं हमीरपुर महाविद्यालय में एनएसएस ने वर्चअल कार्यक्रम आयोजित कर भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से एडस विषय को लेकर विचार विमर्श किया कार्यकम अधिकारी मनोज डोगरा ने बताया कि जागरूकता ही एडस का सबसे बड़ा ईलाज है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने धर्मशाला में बताया कि कोरोना संकट के चलते ये निर्णय लिया गया है शिविर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जीवन धारा कार्यक्रम के तहत शिमला ग्रामीण की पाहल पंचायत के न्हेवट में आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया